ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम समन्वय भवन में आयोजित किया गया था इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं रहे इसलिये सस्ती दर पर अनाज राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी

इसके तहत प्रत्येक दिन अलग अलग विभागों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होगा कल का दिन महिला बाल विकास विभाग के लिए निर्धारित है

वहीं आँगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों को दूध वितरण किया जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री बच्चों की माताओं से संवाद भी करेंगे

मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों और लाड़ली लक्ष्मी योजना की बालिकाओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे

इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी सेवानिवृत्त स्वयंसेवक स्थानीय शहरी निकाय अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं